प्राधिकरण की ओर से जारी आदेश में भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों के साथ ही सभी राज्य सरकारों से कहा गया है कि कोविड नाइंटीन के संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन को इकतीस मई तक बढ़ा दिया जाए एनडीएमए ने राष्ट्रीय कार्यकारी समिति को निर्देश दिए हैं कि कोरोना के संक्रमण को रोकने के साथ ही आर्थिक गतिविधियों को और खोलने की जरूरत को ध्यान में रखते हुए आवश्यकता के अनुसार संशोधित दिशा निर्देश जारी किए जाएं

यह घोषणा बीते मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा देश संबोधित करते हुए बीस लाख करोड़ रुपये के विशेष आर्थिक पैकेज के तहत की गई है वित्त मंत्री को निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कोरोना वायरस से प्रभावित देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए घोषित आर्थिक पैकेज की पांचवी और अंतिम किस्त के बारे में संवाददाताओं को आज नई दिल्ली में जानकारी दी उन्होंने बताया कि ढांचागत सुधारों के तहत सात क्षेत्रों पर प्रमुखता से ध्यान दिया जाएगा इनमें मनरेगा शहरी और ग्रामीण स्वास्थ्य शिक्षा कारोबार कंपनी अधिनियम को गैर आपराधिक बनाने कारोबार सुगमता सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयों से संबंधित नीति राज्य सरकार और उनसे संबंधित संसाधन शामिल हैं वित्त मंत्री ने बताया कि मनरेगा योजना के तहत रोजगार सुजन के लिए और चालीस हजार करोड़ रुपये दिए जाएंगे श्रीमती सीतारमण ने बताया कि केन्द्र सरकार ने राज्यों के लिए कर्ज की सीमा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत से बढ़ाकर पांच प्रतिशत कर दी है इससे राज्यों के लिए संसाधन राशि बढ़कर चार लाख अटठाईस हजार करोड रुपये हो जाएगी

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत अस्सी करोड़ लोगों को निःशुल्क अनाज दिया गया है

श्री ठाकुर ने कहा कि शिक्षा को हर वर्ग तक पहुंचाने के लिए भी हरसंभव प्रयास किया गया है और इसके लिए तीन चैनल को चिन्हित कर लिया गया है

इसका प्रावधान भी एक्सपर्ट्स के माध्यम से किया गया ताकि स्काइप के माध्यम से आप इसका कर सकें प्राइवेट डीटीएच ऑपरेटर तक भी हम पहुंचे हैं उसके माध्यम से भी हम अपनी पहुंच बढ़ाकर देश के करोड़ों लोगों तक पहुंच सके और शिक्षा को उन तक पहुंचा सकें हमने राज्यों से भी अनुरोध किया है कि आप चार घंटे का हमें ऐसा कंटेन्ट एज्केशन का दें ताकि हम स्वयंप्रभा चैनल पर उसे दिखा सकें केंद्रीय वित्त मंत्री ने इससे पहले कल कोयला खनन रक्षा उत्पादन नागर विमानन बिजली पारेषण कंपनियों अंतरिक्ष क्षेत्र और परमाणु ऊर्जा क्षेत्र पर विशेष ध्यान केन्द्रित करने के बारे में जानकारी दी थी कोरोना प्रवासी कामगार पोर्टल केन्द्र सरकार ने सभी राज्यों से प्रवासियों की वापसी की जानकारी लेने और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के लिये ऑनलाइन पोर्टल राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली एनएमआईएस का उपयोग करने को कहा है केन्द्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने बताया है कि इस पोर्टल पर सूचनाएं उपलब्ध रहेंगी और इससे प्रवासियों को भेजने और जिलों को ऑनलाइन स्वीकृति देने में मदद मिलेगी इस पोर्टल पर मोबाइल नंबर सहित प्रवासियों से संबंधित जानकारी और उनके प्रस्थान के अलावा गंतव्य जिले के साथ यात्रा तिथि की जानकारी अपलोड रहेगी श्री भल्ला ने कहा कि राज्य मालूम कर सकेंगे कि कितने लोग बाहर जा रहे हैं और कितने अपने गंतव्य राज्यों तक पहुंच रहे हैं संक्रमितों के संपर्क में आने वाले का पता लगाने में मोबाइल नंबर का उपयोग किया जा सकता है इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शहरी क्षेत्रों में कोरोना वायरस के प्रबंधन और बचाव की तैयारियों से संबंधित दिशा निर्देश जारी किए हैं इसके अनुसार शहरी क्षेत्रों में कोरोना वायरस की निगरानी प्रणाली को मजबूत किया जाए और अधिक संक्रमण वाले क्षेत्रों में धारा एक सौ चवालीस लागू करने सहित नियंत्रण के कड़े मानक अपनाए जाएं कोरोना श्रमिक विशेष रेलगाड़ी केन्द्र सरकार ने कहा है कि रेलवे प्रवासी कामगारों की सुरक्षित और तेज वापसी सुनिश्चित करने के लिये रेल नेटवर्क से जुड़े प्रत्येक जिले से श्रमिक विशेष रेलगाड़ियां चलाने को तैयार है रेल मंत्री पीयूष गोयल ने देश के जिला कलेक्टरों से फंसे श्रमिकों और उनके गंतव्य स्थलों की सूची तैयार करने और राज्य नोडल अधिकारी के जरिये रेल विभाग को आवेदन भेजने को कहा है उन्होंने कहा कि भारतीय रेलवे प्रत्येक दिन तीन सौ श्रमिक विशेष रेलगाड़ियां चलाने में सक्षम है रेल मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अपने गृह राज्य जाने के इच्छुक श्रमिकों के बारे में प्रत्येक जिले से जानकारी मिलने के बाद रेलवे इन रेलगाड़ियों के परिचालन की दिशा में कार्रवाई करेगा इस बीच देश के विभिन्न राज्यों में फंसे छत्तीसगढ़ के मजदूरों को वापस लाने के लिए तिरालीस विशेष ट्रेनों की राज्य सरकार ने अनुमति दी है इन ट्रेनों का संचालन चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा इसके लिए राज्य सरकार रेल मंडल को एक करोड़ सोलह लाख रूपये का भुगतान कर चुकी है गौरतलब है कि बीते ग्यारह मई से विशेष रेलगाड़ियों के जरिये प्रवासी मजदूरों का छत्तीसगढ़ आना शुरू हो चुका है अब तक आठ विशेष रेलगाड़ियां प्रवासी मजदूरों छात्रों पर्यटकों और अन्य व्यक्तियों को लेकर छत्तीसगढ़ आ चुकी हैं कोरोना श्रमिक वापसी श्रमिक स्पेशल ट्रेन से मजदूरों के छत्तीसगढ़ लौटने का सिलसिला जारी है आज पच्चीस सौ श्रमिकों को लेकर दो विशेष ट्रेन बिलासपुर पहुंची पहली ट्रेन भोपाल के हबीबगंज से आई जिसमें करीब सोलह सौ मजदूर सवार थे

बिलासपुर पहुंचने पर सभी मजदूरों को जिलेवार अलग अलग स्थानों पर बसों से भेजा गया इस बीच राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि छत्तीसगढ़ से गुजरने वाले प्रवासी मजदूरों को अब भोजन पानी के साथ ही पहनने के लिए जूते चप्पल भी मुहैया कराए जाएंगे इसके लिए सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं इसके अनुसार सभी सीमावर्ती चेकपोस्ट और अन्य शहरों से गुजरने वाले प्रवासी जरूरतमंद मजदूरों को चरणपादुका का वितरण किया जाएगा कोरोना गृह मंत्रालय केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अब से कुछ देर पहले जारी आदेश में कहा है कि विभिन्न राज्यों में अब रेड ग्रीन और ऑरेज जोन का निर्धारण संबंधित राज्य सरकारें करेंगी यह निर्धारण केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा भेजे गए मापदंडों को ध्यान में रखकर किया जाएगा केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अब विभिन्न राज्यों के बीच यात्री वाहनों और बसों के संचालन की अनुमति भी दे दी है यह अनुमति विभिन्न राज्यों के परस्पर सहमति पर आधारित होगी इसके अलावा राज्य के भीतर भी राज्य सरकारों के निर्णय के अनुसार यात्री वाहनों और बसों का आवागमन हो सकेगा हालांकि लॉकडाउन फोर के दौरान सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई उड़ानें प्रतिबंधित रहेगी वहीं इकतीस मई तक स्कूल कॉलेज कोचिंग संस्थानों के साथ ही होटल रेस्टॉरेंट सिनेमा हॉल शॉपिंग हॉल जिम और स्वीमिंग पुल आदि बंद रहेंगे इसके अलावा सभी तरह के सामाजिक राजनीतिक मनोरंजक और सांस्कृतिक समारोह पर पहले की तरह प्रतिबंध जारी रहेगा सभी प्रार्थना स्थल और धार्मिक स्थान आम जनता के लिए बंद रहेंगे किसी भी तरह के धार्मिक सम्मेलन पर भी सख्त प्रतिबंध जारी रहेगा कोरोना हाईकोर्ट कामकाज छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय सहित प्रदेश के सभी जिला न्यायालयों में कल अट्ठारह मई से नियमित कामकाज शुरू हो जाएगा उच्च न्यायालय की ओर से इस संबंध में जारी आदेश के अनुसार सेशन न्यायालयों में सुबह ग्यारह बजे से दोपहर दो बजे तक कामकाज होगा वहीं अधीनस्थ न्यायालयों में दोपहर दो बजे से शाम पांच बजे तक प्रकरणों पर सुनवाई होगी मामलों की सुनवाई के दौरान अधिवक्ताओं को मास्क पहनकर न्यायालय में जाना होगा वहीं जिस अधिवक्ता के प्रकरण की सुनवाई होगी उसे ही न्यायालय कक्ष में प्रवेश दिया जाएगा न्यायालय परिसर में अनावश्यक आने वाले पक्षकारों को प्रवेश नहीं मिलेगा कोरोना मरीज पुष्टि छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में कोरोना वायरस से संक्रमित दो और मरीजों की पुष्टि हुई है ये दोनों प्रवासी है और हाल ही में दूसरे प्रदेश से लौटे हैं इन्हें क्वारेंटाइन सेंटर में रखा गया था फिलहाल इन दोनों मरीजों को उपचार के लिए एम्स रायपुर लाया जा रहा है इन्हें मिलाकर बालोद जिले में अब तक चार कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हो चुकी है वहीं कोरिया जिले के चिरमिरी में मिले कोरोना पॉजीटिव मरीज को अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज के कोविड वार्ड में भर्ती कराया गया है जहां उसका उपचार चल रहा है गौरतलब है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर अब उनहत्तर हो गई है इनमें से अंठावन मरीज स्वस्थ हो चुके हैं फिलहाल प्रदेश में कोरोना संक्रमित ग्यारह मरीजों का इलाज चल रहा है कोरोना जिला कोरोना वायरस की रोकथाम और लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंद लोगों की परेशानियों को दूर करने और उन्हें समुचित सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश के विभिन्न जिलों में जिला प्रशासन द्वारा अनेक कदम उठाए जा रहे हैं राजनांदगांव कलेक्टर ने समाज सेवी और स्वयंसेवी संस्थाओं से कहा है कि वे बेसहारा और जरूरतमंद लोगों की मदद के दौरान पानी पाउच और केला न बांटे उन्होंने कहा कि जो भी समाज सेवी या सामाजिक संस्थाएं राहत सामग्री का वितरण करना चाहती है वे क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी से संपर्क करें ताकि उन्हें वितरण का प्रशिक्षण दिया जा सके इधर महासमुंद जिले में राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अमले द्वारा पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों की कोरोना जांच की गई शहर के टाउनहॉल में आयोजित इस एकदिवसीय शिविर में दौ सौ तिरासी पुलिसकर्मियों की जांच की गई उधर धमतरी जिले में अन्य राज्यों और अन्य जिलों से आने वाले लोगों को अलग रखने के लिए नागरिकों की मांग पर जिला प्रशासन ने दो पेड क्वारेंटाइन सेंटर की व्यवस्था की है वहीं जांजगीर चांपा जिले में पांच कोरोना पॉजीटिव मरीज मिलने के बाद जिला प्रशासन ने खपरीडीह गांव के क्वारेंटाइन सेंटर को कंटेन्मेंट जोन घोषित कर दिया है इस इलाके में आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी गई है साथ ही पॉजीटिव मरीजों के संपर्क में आए सभी मजदूरों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है इसी जिले के बम्हनीडीह क्वारेंटाइन सेंटर से दो मजदूरों ने भागने की कोशिश की जिन्हें बाद में पकड़ लिया गया इस बीच मुंगेली जिले में क्वारेंटाइन सेंटर में एक मजदूर की सर्पदंश से मौत हो गई

श्री कौशिक ने प्रदेश में शिक्षाकर्मियों की नियुक्ति भी तत्काल करने की मांग की है महासमुंद प्रवासी श्रमिक रोजगार महासमुंद जिले में प्रवासी श्रमिकों ने इस बात की मिसाल पेश की है कि श्रमिक हमेशा अपनी रोजी रोटी श्रम से ही कमाना चाहते हैं जिले के पटेवा क्षेत्र के मानपुर ग्राम पंचायत में बनाए गए क्वारेंटाइन सेंटर में रह रहे इन श्रमिकों ने ग्राम पंचायत से यह अनुरोध किया कि उन्हें क्वारेंटाइन अवधि के दौरान ईंट बनाने की सुविधा उपलब्ध कराई जाए इस पर पहल करते हुए मानपुर की सरपंच बृजेन हीरा बंजारे ने उन्हें स्कूल परिसर में ही ईंट निर्माण के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध कराईं

मिली जानकारी के अनुसार श्रमिक विशेष रेलगाड़ी से बिलासपुर पहंचे मजदूरों ने कलेक्टर को बताया कि उनसे ट्रेन किराये के नाम पर अवैध वसूली की गई है इसके बाद कलेक्टर ने इस शिकायत पर कार्रवाई के लिए श्रम विभाग को प्रतिवेदन भेजा है ठग गिरफ्तार राजनांदगांव जिले में टायपिंग कंपनी में काम दिलाने के नाम पर चालीस लाख रूपये की ठगी करने का मामला सामने आया है इस मामले में मुख्य आरोपी को बसंतपुर थाना पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया है इस पर एक सौ सत्ताईस लोगों से ठगी करने का आरोप है आरोपी के पास से पुलिस ने एक मोटरसाइकिल दो लैपटॉप और एक कम्प्यूटर बरामद किया है आरोपी के सभी बैंक खातों को सील कर दिया गया है गौरतलब है कि इस मामले में एक अन्य आरोपी को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है मौसम बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व हिस्से और उसके आसपास के क्षेत्रों में चक्रवाती तूफान अम्फान तेज हो गया है इसने गंभीर तूफान का रूप ले लिया है इसके मद्देनजर पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटीय क्षेत्रों में चेतावनी जारी की गई है मौसम विभाग ने कहा है कि अगले बारह घंटे में इसके और गंभीर होने की आशंका है इधर छत्तीसगढ़ में आगामी चौबीस घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है वहीं एक दो स्थानों पर तेज हवाएं चलने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है

इनमें बावन कैदियों को पैरोल पर छोड़ा गया है

जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है

वहीं दो अन्य व्यक्ति घायल हो गए हैं

वहीं एक अन्य युवक की हालत गंभीर बनी हई है